बैठक के दौरान लोकसभा और कुछ राज्यों में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा पार्टी के विस्तार और केन्द्र सरकार की विकासमूलक तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन पर विचार किया जा रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस बैठक को सम्बोधित करेंगे बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो रहे है नेशनल लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों तालुका श्रम और कृट्म्ब न्यायालयों में आज प्रदेश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है

खेलमंत्री केन्द्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के परिणाम राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दिखाई दिये हैं इनमें भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है श्री राठौड़ ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि युवा खिलाड़ियों को असाधारण प्रदर्शन के लिए अपने जीवन का बेशकीमती समय देना होता है इसलिए उनकी उचित क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए श्री राठौड़ ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है और अधिकारियों की एक पेशेवर टीम खिलाड़ियों पर नजर रखती है खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है इसके लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि शहीद के परिजनो को एक करोड़ रुपये की सहायता राशि दी जायेगी और उनके नाम पर सड़क चौराहे या भवन का नामांकरण किया जायेगा

वाहन चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है मौसम कम दवाब का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश भर में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है

तेज बहाव के चलते एक बच्चा नाले में बह गया राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में कल से ही रुक रुककर बारिश हो रही है

संक्षिप्त समाचार शहडोल जिले के लगभग आधा दर्जन गांव में बीते तीन दिनों से हाथियों के झुण्ड द्वारा जारी उत्पात को नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक से विशेषज्ञ बुलाये गये हैं

खण्डवा जिले के खालवा और पुनासा क्षेत्र में हो रहे विकासकार्यों की जिला अधिकारी ने समीक्षा की राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान आज कटनी जिले में पोषण त्यौहार पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है